इस राज्य का गठन एक नवंबर दो हजार को किया गया था राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उप राष्ट्रपति वेंकैया नायडू प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह राज्यपाल अनुसुईया उइके और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ की स्थापना दिवस के अवसर पर प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं उप राष्ट्रपति ने कहा है कि अनूठी संस्कृति और प्रकृति से लोगों का जुड़ाव छत्तीसगढ़ को विशिष्ट पहचान देता है वहीं अपने ट्वीटर संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा है कि प्राचीन काल से विभिन्न संस्कृतियों का केन्द्र रहा छत्तीसगढ़ उन्नति और समृद्धि की राह पर आगे बढ़ता रहे केंद्रीय गृह मंत्री ने भी अपने संदेश में कहा है कि राज्य की अद्भुत और जीवंत संस्कृति पर पूरे देश को गर्व है उन्होंने प्रदेश के निरंतर कल्याण और प्रगति की कामना की है वहीं राज्यपाल सुश्री उइके ने छत्तीसगढ़ी भाषा में दिए अपने संदेश में कहा है कि कोंटा से लेकर कोरिया तक और नांदगांव से लेकर जशपुर जल जंगल खनिज और पहाड़ की प्राकृतिक सुंदरता के साथ प्राचीन संस्कृति को संजोने वाले छत्तीसगढ़ ने देश में अपनी अलग पहचान स्थापित की है कोरोना संक्रमण के मद्देनजर राज्य स्थापना दिवस के मौके पर इस बार राज्योत्सव का बड़ा आयोजन नहीं किया गया आज मुख्यमंत्री के रायपुर स्थित निवास में केवल वर्चुअल रूप में अलंकरण समारोह का आयोजन किया गया इस अवसर पर लोकसभा सांसद राहुल गांधी की वर्चुअल उपस्थिति में राज्य के उन्नीस लाख किसानों के खाते में राजीव गांधी किसान न्याय योजना की तीसरी किश्त के रूप में पंद्रह सौ करोड़ रूपये जमा किए गए वहीं स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल योजना का शुभारंभ हुआ जिसके तहत बावन अंग्रेजी माध्यम स्कूल शुरू किए जा रहे हैं जहां बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी इसके अलावा मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना के तहत राज्य के तीस नगरीय स्लम एरिया में मोबाइल हॉस्पिटल सह लेबोरेटरी का भी शुभारंभ किया गया

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई इन तीनों योजनाओं से प्रदेश को मजबूती मिलेगी श्री गांधी ने कहा कि किसानों की मदद जमीन की रक्षा और उद्योग धन्धों को बढ़ावा देने के साथ ग्रामीण तथा युवाओं को स्वावलंबी बनाने के मामले में छत्तीसगढ़ ने पूरे देश को रास्ता दिखाया है श्री गांधी ने कहा कि छत्तीसगढ़ एक अनोखा राज्य है यहां जल जंगल जमीन और प्राकृतिक संपदा भरपूर है कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि राज्य में अधोसंरचना को सुदृढ़ करने का काम तेज गति से जारी है उन्होंने कहा कि राज्य में तेरह हजार करोड़ रूपये की लागत से सड़क और पुल पुलियों के निर्माण की योजना पर तेजी से काम हो रहा है राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर प्रदेश में आज से आयरन और विटामिन से युक्त फोर्टिफाइड चावल वितरण की अभिनव योजना भी शुरू की गई है भोजन में आवश्यक पौष्टिक तत्वों की पूर्ति और कुपोषण पर नियंत्रण के लिए यह योजना प्रदेश के कोंडागांव जिले में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में प्रारंभ की जा रही है हितग्राहियों को फोर्टिफाइड चावल का वितरण सार्वजनिक वितरण प्रणाली और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के तहत उचित मूल्य की दुकानों से किया जाएगा

वहीं राम वनगमन परिपथ के तहत राजिम और शिवरीनारायण में कराए गए सौंदर्यीकरण और विकास कार्यो का भूमिपूजन किया इसके अलावा मुख्यमंत्री ने बीजापुर जिले में नवनिर्मित विद्युत उप केन्द्र और बारसूर बीजापुर विद्युत लाइन का भी ई लोकार्पण किया इसी राजधानी रायपुर के ऐतिहासिक ब्रुढ़ातालाब में मनोरंजन और पर्यटन की सुविधा उपलब्ध तरह कराने के लिए किए गए कार्यों का भी लोकार्पण किया गया इसके अलावा मुख्यमंत्री ने राज्योत्सव कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ विचार माला का भी विमोचन किया जनसंपर्क विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ विचार माला गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ के अंतर्गत नौ पुस्तकों का प्रकाशन किया गया है वहीं इस मौके पर छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की वर्ष दो हजार बीस की दसवीं और बारहवीं बोर्ड परीक्षा में प्रावीण्य सुची में स्थान पाने वाले विद्यार्थियों को टेबलेट लैपटॉप और उच्च शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता भी प्रदान की गई

राज्यपाल अनुसुईया उइके की वर्चअल उपस्थित में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विभिन्न श्रेणियों में पुरस्कार प्रदान किए इस बार शहीद वीरनारायण सिंह सम्मान रूपराय नेताम को दिया गया है वहीं यति यतनलाल सम्मान बढ़ते कदम रायपुर संस्था को मिनीमाता सम्मान शहाना कुरैशी को गुण्डाधूर सम्मान दूर्ग की आकर्षी कश्यप को ठाकुर प्यारेलाल सम्मान बैजनाथ चंद्राकर को हाजी हसन अली सम्मान धमतरी के हनीफ नजमी को बिलासपुर के सवर्ग सिंह मरकाम को महाराजा प्रवीरचंद्र भंजदेव सम्मान वहीं पंडित सुंदरलाल शर्मा सम्मान डॉक्टर सुशील त्रिवेदी और जीवननाथ मिश्र को संयुक्त रूप से दिया गया है इसके अलावा राजा चक्रधर सम्मान से रायपूर के भारती बंध् को पंडित रविशंकर शुक्ल सम्मान आचार्य रमेन्द्रनाथ मिश्र को डॉक्टर खूबचंद बघेल सम्मान राजनादंगांव के एनेश्वर वर्मा को वहीं दाऊ मंदराजी लोककला सम्मान से शिवकुमार दीपक और रूपसाय सलाम को संयुक्त रूप से नवाजा गया इसी तरह पत्रकारिता के क्षेत्र में दिए जाने वाला चंद्रलाल चंद्राकर स्मृति पत्रकारिता सम्मान प्रिंट मीडिया के लिए ब्रम्हवीर सिंह और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए ममता लांजेवार को प्रदान किया गया है वहीं राजेन्द्र धोड़पकड़ को पंडित माधवराव सप्रे राष्ट्रीय रचनात्मक सम्मान दिया गया है इसके अलावा धनवंतरी सम्मान रायपुर के डॉक्टर गौतमचंद जैन को बिलासा बाई केंवटीन सम्मान रायगढ़ के गौरव सलूजा को वहीं बैरिस्टर ठाकुर छेदीलाल सम्मान निर्मल शुक्ला और विनोद चावड़ा को संयुक्त रूप से दिया गया है

इसके अलावा संस्कृत भाषा सम्मान रायपुर के डॉक्टर क़मुद कान्हे को धमतरी की शंभू शक्ति सामाजिक सेवा संस्थान को डॉक्टर भंवर सिंह पोर्त सम्मान और पंडित लखनलाल मिश्र सम्मान उप निरीक्षक दिव्या शर्मा को दिया गया है वहीं बिसाहू दास महेन्द्र पुरस्कार राजेश देवांगन और मध्सुदन देवांगन को तथा राज राजेश्वरी करूणा माता हथकरघा प्रोत्साहन सम्मान कृष्ण क्मार देवांगन और मनहरण देवांगन को संयुक्त रूप से दिया गया है इसी तरह बिलासपुर के रामाअवतार अग्रवाल को महाराजा अग्रसेन सम्मान से सम्मानित किया गया है इस बीच भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष नवीन मारकंडे ने गुरू घासीदास अलंकरण की घोषणा नहीं किए जाने पर आपत्ति जताई है उन्होंने कहा है कि प्रदेश सरकार को इस मुद्दे पर स्थिति स्पष्ट कर तत्काल गुरू घासीदास अलंकरण की घोषणा करनी चाहिए उन्होंने अलंकरण की घोषणा नहीं किए जाने पर आंदोलन की चेतावनी दी है

अब प्रत्याशी केवल घर घर जाकर व्यक्तिगत रूप से जनसंपर्क कर सकते हैं इस दौरान किसी भी प्रकार के सभा जुलूस और रैली की अनुमति नहीं होगी जिला निर्वाचन अधिकारी डोमन सिंह ने बताया कि मतदान के दिन एक अभ्यर्थी एक एजेंट और पार्टी के लिए एक वाहन की अनुमति होगी लेकिन इन्हें किसी भी प्रकार के प्रचार कार्यों की अनुमति नहीं होगी उन्होंने बताया कि कोरोना संक्रमण के मद्देनजर इस बार एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की भी मतदान केन्द्रों में ड्यूटी लगाई जाएगी मतदान वाले दिन मतदान केन्द्र के दो सौ मीटर के अंदर कोई भी व्यक्ति प्रचार वाले मास्क और उम्मीदवार के फोटो वाले मास्क के साथ प्रवेश नहीं कर सकेगा उन्होंने बताया कि यदि किसी मतदान अभिकर्ता का तापमान जांच करने पर ज्यादा पाया जाता है तो उन्हें मतदान केन्द्रों में प्रवेश नहीं दिया जाएगा इसी तरह मतदान केन्द्रों में किसी भी तरह के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लाने की अनुमति भी नहीं होगी इस बीच प्रचार प्रसार थमने के बाद जिले के बाहर से आए हुए विभिन्न दलों के कार्यकर्ताओं और प्रचारकों ने भी जिले से बाहर जाना शुरू कर दिया है इधर प्रशासन ने भी मतदान की तैयारियां शुरू कर दी हैं मतदान दलों की रवानगी भी शुरू हो गई है गौरतलब है कि एक लाख इंक्यानवे हजार से अधिक मतदाता वाले इस विधानसभा क्षेत्र में तीन नवंबर को मतदान होगा इसके लिए दो सौ छियासी मतदान केन्द्र बनाए गए हैं मतदान सुबह सात बजे से शाम छह बजे तक चलेगा

आज एक पत्रकारवार्ता में उन्होंने कहा कि प्रशासन भाजपा कार्यकर्ताओं को जबरदस्ती जिले से बाहर कर रहा है एक सवाल के जवाब में श्री अग्रवाल ने भाजपा और जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के गठबंधन पर कांग्रेस द्वारा लगाए गए आरोपों को निराधार बताया इधर मरवाही विधानसभा उपचुनाव के लिए चुनाव प्रचार थमने से पहले आज विभिन्न दलों के स्टार प्रचारकों नेताओं और कार्यकर्ताओं ने अपने अपने उम्मीदवार के पक्ष में जमकर प्रचार प्रसार किया भाजपा उम्मीदवार डॉक्टर गंभीर सिंह ने चुनाव प्रचार के अंतिम दिन आज घर घर जनसंपर्क किया इस बीच निषाद पार्टी और छत्तीसगढ़ मछ्आ महासंघ के पदाधिकारियों ने भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में समर्थन देने का पत्र नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक को सौंपा वहीं कांग्रेस उम्मीदवार डॉक्टर केके ध्रव के पक्ष में भी आज पार्टी के अनेक नेताओं ने सभाओं को संबोधित करने के साथ ही जनसंपर्क भी किया कोरोना बचाव सलाह जागरूकता विश्व स्वास्थ्य संगठन के छत्तीसगढ़ के सब रिजनल टीम लीडर डॉक्टर प्रणित कुमार फटाले ने कहा है कि कोरोना संक्रमण से बचाव सुरक्षा के उपाय अपनाने से ही संभव है उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण अभी समाप्त नहीं हुआ है इसलिए लोगों को कोरोना संक्रमण के लिए जारी दिशा निर्देशों का पालन करना जारी रखना चाहिए इस बीच छत्तीसगढ़ के समाजसेवी पद्मश्री धर्मपाल सैमी ने लोगों से कोरोना से बचाव के लिए आवश्यक सावधानी बरतने की अपील की है

उधर रायगढ़ कलेक्टर भीम सिंह ने संपूर्ण रायगढ़ जिले में अनुमति प्राप्त सभी प्रकार की गतिविधियों के लिए सुबह आठ बजे से रात आठ बजे तक संचालन की अनुमति दी है वहीं होटल और रेस्टॉरेंट सुबह आठ बजे से रात दस बजे तक संचालित किए जा सकेंगे माओवादी समर्पण गिरफ्तार दंतेवाड़ा जिले में आज पांच इनामी और दो वारंटी सहित सत्ताईस माओवादियों ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किया है मिली जानकारी के अनुसार माओवादी उन्मूलन अभियान के तहत सभी थानों कैम्पों और पंचायतों में माओवादी के नाम के साथ गांव गांव में लोन वर्राटू अभियान चलाया जा रहा है इससे प्रभावित होकर सत्ताईस माओवादियों ने बारसूर थाना में पुलिस अनुविभागीय अधिकारी के सामने आत्मसमर्पण किया उधर सुकमा जिले में पुलिस ने एक माओवादी को गिरफ्तार किया है इसके पास से भारी मात्रा में माओवादी सामग्री भी बरामद की गई है आरोप है कि यह माओवादी मिनपा माओवादी हमले सहित अन्य कई गतिविधियों में शामिल रहा है हमर ग्राम सभा पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री टीएस सिंहदेव आज रात साढ़े सात बजे आकाशवाणी रायपुर से प्रसारित विशेष कार्यक्रम हमर ग्राम सभा में वन अधिकार अधिनियम की जानकारी देंगे इस दौरान वे पत्र एस एमएस और व्हाट्सअप के माध्यम से श्रोताओं द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब भी देंगे इस कार्यक्रम को मीडियम वेव नौ सौ इकयासी किलोहर्ट्ज पर सुना जा सकता है इस कार्यक्रम को प्रदेश स्थित आकाशवाणी के सभी केन्द्र एक साथ रिले करेंगे ट्रेन परिचालन प्रभावित रेलवे के संबलपुर मंडल के टिटलागढ़ सेक्शन में दोहरीकरण कार्य के कारण इस मार्ग से गुजरने वाली दो ट्रेनों को रद्द किया गया है वहीं कुछ ट्रेनों को गंतव्य के पहले समाप्त किया जाएगा जानकारी के अनुसार विशाखापट्नम निजामुद्दीन एक्सप्रेस तीन से आठ नवंबर तक वहीं निजामुद्दीन विशाखापट्नम एक्सप्रेस दो से सात नवंबर तक रद्द रहेगी वहीं पुरी दुर्ग स्पेशल एक्सप्रेस टिटलागढ़ स्टेशन में समाप्त कर दी जाएगी यह गाड़ी टिटलागढ़ और दुर्ग स्टेशनों के मध्य दो से आठ नवंबर तक रद्द रहेगी इसी तरह दुर्ग पुरी एक्सप्रेस टिटलागढ़ स्टेशन से पुरी के लिए रवाना होगी यह गाड़ी टिटलागढ़ से दुर्ग स्टेशनों के बीच तीन से नौ नवंबर तक रद्द रहेगी संक्षिप्त समाचार दिनेश शर्मा छत्तीसगढ़ विधानसभा के नये सचिव नियुक्त किए गए हैं विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत के सचिव श्री शर्मा विधानसभा के अपर सचिव के रूप में कार्यरत् थे राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण के जिला और ब्लॉक स्तरीय कर्मचारियों के एक साल के लंबित वेतन के भुगतान के लिए राशि आज जारी कर दी गई है महासमुंद के नेहरू चौक पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने आज एकदिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन किया धरने के बाद कार्यकर्ताओं ने राज्यपाल के नाम प्रशासन को ज्ञापन सौंपा बिलासपुर जिले के बिल्हा क्षेत्र में एक किसान के अपहरण मामले में पुलिस ने सात आरोपियों को गिरफ्तार किया है वहीं किसान को अपहरणकर्ताओं के कब्जे से सकुशल छुड़ा लिया गया है जांजगीर चांपा जिले में धमकी देकर राशि वसूलने के आरोप में शिवरीनारायण की पुलिस ने तीन युवकों को गिरफ्तार किया है राजनांदगांव के इंदमरा गांव के पास अज्ञात ट्रक की ठोकर से मोटरसाइकिल सवार एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई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 दुर्ग जिले के शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय में एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना के तहत हाल ही में ऑनलाइन गरबा नृत्य प्रतियोगिता आायोजित की गई जिसके विजेताओं की घोषणा आज कर दी गई है रायगढ़ जिले के खरसिया में सट्टा खेलाने के आरोप में पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है इनके पास से तिरानवे हजार रूपये से अधिक की नगदी तीन मोबाइल और एलईडी टीवी जब्त की गई है कोंडागांव जिले के इरामंदला गांव के पास एक बुजुर्ग की हत्या किए जाने का मामला सामने आया है